उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि का श्रेय देश के वैज्ञानिकों को दिया जाना चाहिए श्री नायडू आज गोवा में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान के अनुसंधानकर्ताओं तथा स्टॉफ को संबोधित कर रहे थे देश सहित प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं राजनीतिक दल लोकसभा की शेष सीटों के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करने में लगे हुए हैं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आजमगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है

पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान को रामपुर संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया है

बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ने भागलपुर और बांका सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है पार्टी अध्यक्ष रामचन्द्र पूरवे ने पटना में बताया कि जयप्रकाश नारायण यादव बांका से और शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल भागलपुर से चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस ने कहा है कि वह किशनगंज कटिहार और पूर्णिया निर्वाचन क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतारेगी वरिष्ठ कांग्रेस नेता निखिल कुमार ने आरोप लगाया है कि महागठबंधन की सीटों का बंटवारा राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव की मर्जी से हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने शत्र्घ्न सिन्हा की जगह पटना साहिब सीट से विधि मंत्री रवि शंकर प्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाया है

लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन भरने की आखिरी तारीख कल है बीस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की इक्यावन सीटों के लिए अगले महीने की ग्यारह तारीख को पहले चरण में वोट डाले जाएंगे भारतीय जनता पार्टी राज्य के अस्सी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से अधिकतर में विजय संकल्प रैलियों का आयोजन करेगी हमारे संवाददाता ने बताया है कि पश्चिमी उत्तरी प्रदेश में ऐसी सभाओं पर ज्यादा जोर दिया जाएगा जहां पहले चरण में चुनाव होना है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज आगरा में विजय संकल्प रैली में पार्टी के प्रचार अभियान की शुरूआत कर रहे हैं इस मौके पर रेलमंत्री पियूष गोयल भी मौजूद हैं दूसरी ओर कई मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता प्रदेश के अन्य हिस्सों में रैलियों को संबोधित करेंगे आज सहारनपुर से अपने चुनाव अभियान की शुरूआत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांप्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के गन्ना किसानों के भुगतान में लापरवाही के आरोप का जवाब दिया उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने अब तक सत्तावन हजार करोड़ से अधिक का गन्ना किसानों का भुगतान किया है जो कई राज्यों के बजट से ज्यादा है निर्वाचन आयोग ने कहा है कि एक्जिट पोल का प्रसारण लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान सम्पन्न होने से पहले नहीं किया जा सकता अंतिम चरण का मतदान उन्नीस मई को होगा आयोग ने कहा है कि यह नियम सभी मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भी लागू होगा निर्वाचन आयोग ने कहा है कि टेलीविजन रेडियो चैनल केबल नेटवर्क वेबसाइट तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक चैनल में मतदान खत्म होने से अड़तालिस घंटे पहले तक उनके कार्यक्रमों में ऐसी कोई सामग्री शामिल नहीं होनी चाहिए जिसमें किसी दल विशेष अथवा उम्मीदवार का प्रचार या उसके प्रति किसी तरह का पूर्वाग्रह दिखाया जाय परामर्श में मतदान पूर्व सर्वेक्षण तथा बहस विस्लेषण शामिल हैं आयोग का कहना है कि वह चुनाव की घोषणा से लेकर चुनाव परिणाम की घोषणा तक प्रसारण पर निगरानी रखेगा आज विश्व तपेदिक दिवस है लोगों में टीबी रोग यानि तपेदिक से स्वास्थ्य संबंधी सामाजिक और आर्थिक नुकसान तथा इसे रोकने के उपायों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष यह दिवस मनाया जाता है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस अवसर पर भारत को टी बी रोग से मुक्त कराने के लिए सभी से मिलकर काम करने का आह्वान किया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि केन्द्र और राज्य सरकारें भारत को दो हजार पच्चीस तक टी बी रोग से मुक्त बनाने के लिए गंभीर प्रयास कर रही हैं संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत में एचआईवी से ग्रस्त लोगों के तपेदिक से मरने के मामले वर्ष दो हजार सत्रह तक चौरासी प्रतिशत कम हो गए थे संयुक्त राष्ट्र एड्स कार्यक्रम के मुताबिक यह बीस से ज्यादा देशों में सबसे बेहतर प्रदर्शन है और वर्ष दो हजार बीस की समय सीमा से तीन वर्ष पहले ही हासिल की गयी उपलब्धि है इस कार्यक्रम के तहत एचआईवी ग्रस्त रोगियों के टीवी से मरने के मामलों में वर्ष दो हजार बीस तक पचहत्तर प्रतिशत तक की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया था विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि दुनियाभर में ऐसे मामले वर्ष दो हजार दस की तुलना में बयालिस प्रतिशत कम हो गए हैं